बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे एक पोर्टल सूत्र है जो भारत के कोने कोने को एक द्रसरे से जोड़ता है तालाबंदी अदृश्य के दौरान रेलवे ने च्नौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखी यह नया पोर्टल रेलवे के साथ कारोबार को सरल बनाने में मददगार साबित होगी मंत्री ने कहा कि पिछले छ वर्षो में रेलवे के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे भविष्य के लिए तैयार हो रहा है

आज फरीदाबाद मे एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सिविल सर्जन डॉ योगेश शर्मा ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से चिकित्सा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये

टीकाकरण के दौरान कोई समस्या पेश न आये इसके लिए प्र्वाभ्यास किया जा रहा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दवारा ली गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटीईटी के परिणाम इसी माह के अंत तक घोषित कर दिये जायेंगे फिलहाल इन परीक्षाओं की जांच का कार्य श्रू हो गया है पृलिस की प्री व्यवस्था के बीच उत्तर प्स्तिकायें रखी गई है यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने भिवानी में दी उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा

इन त्र्टियों को दूर करके ही अंतिम परिणाम जारी किया जायेगा हिसार से चंडीगढ़ देहरादून व हिमाचल के धर्मशाला के लिए हवाई यात्रा निकट भविष्य में श्रू होगी हिसार के विधायक डॉ कमल ग्प्ता ने आज हवाई अड्डे पर पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस बारे मे हवाई अड्डे के अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी मिली है

हिसार हवाई अड्डे को भी इस योजना से जोड़ा गया है पहले चरण में तीन स्थानों को च्ना गया है बाद में और अधिक स्थानों तक विस्तार किया जायेगा डा ग्प्ता ने बताया कि हिसार में एकीकृत विमानन केन्द्र की अपार संभावनाओं को देखते हये अब इसका विश्व स्तरीय एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विस्तार करने पर विचार विमर्श चल रहा है

यह देश की एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां वाण्जिय और औद्योगिक दृष्टि से परिपूर्ण होगा हरियाणा के पंचकूला में बर्ड फलू से मूर्गियों व हजारों पक्षियों ने दम तोड़ दिया है पंचकूला से हमारी संवादाता ने बताया है कि बरवाला और रायप्र रानी क्षेत्र में पड़ने वाले पोल्ट्री फार्मो में बड़ी संख्या में म्र्गियों के दम तोड़ने का मामला सामने आया है जिसको लेकर पश्पालन विभाग ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी है पश्पालन और डेयरी विभाग की टीम द्वारा पोल्ट्री फार्मो से रकत के नमूने लिये गये है सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया हैं विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन से वायरस के कारण मुर्गियां दम तोड़ रही हैं उधर यमुनानगर में भी हंथनीक्ंड बैराज पर आये प्रवासी पक्षियों पर नज़र रखी जा रही है हरियाणा के कई इलाकों में कल से रूक रूक कर बारिश हो रही है फतेहाबाद के गांव सर्वरप्र और आस पास के कई इलाकों में आलोवृष्टि भी हई है आज सब्ह हई इस ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है

मौसम विभाग ने भी अम्बाला हिसार करनाल नारनौल रोहतक और भिवानी जिले में वर्षा होने की जानकारी दी है विभाग के अन्सार प्रदेश में रात का तापमान में वृद्धि हो रही है

मौसम विशेषज्ञों ने भिवानी जिले में हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है फतेहाबाद से कृषि विभाग के अधिकारी भीम सिंह ने कहा कि रबी के मौसम में हो रही बारिश फसलों के लिए अच्छी है इससे गेहं और अन्य फसलों को पानी लगाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी यम्नानगार से हमारे संवाददाता ने दोपहर बाद से तेज़ बरसात होने की खबर दी है यमुनानगर से कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ जसबिंदर सैनी ने भी बरसात को गेहं गन्ना व बरसीन की फस्ल के लिए फायदेमंद बताया है

उपाय्क्त ने अपने कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस बारे हई बैठक के बाद यह जानकारी दी